एक सौ सत्तावन उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का होगा फैसला

तैंतालीस डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ डिहरी रहा राज्य का सबसे गर्म स्थान और बुद्ध पूर्णिमा आज श्रद्धापूर्वक मनायी जा रही है

लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा इस चरण में आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पटना साहिब पाटलिपुत्र सासाराम काराकाट बक्सर आरा जहानाबाद और नालंदा में मतदान होना है एक करोड़ बावन लाख से अधिक मतदाता बीस महिला प्रत्याशियों समेत एक सौ सतावन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे इस चरण में चार केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद आरके सिंह अश्विनी कुमार चौबे और रामकृपाल यादव की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है इनके अलावा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और राजद के दिग्गज जगदानंद सिंह तथा मीसा भारती भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं इधर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल बिहार सैन्य पुलिस जिला पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गयी है आठ संसदीय क्षेत्रों में बारह कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है श्री सिंह ने बताया कि पंद्रह हजार आठ सौ ग्यारह मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ मतदानकर्मी आज पहुंच गये हैं उन्होंने बताया कि इक्यासी हजार मतदान कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है चार हजार चार सौ बासठ अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किये गये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दो सौ तिहत्तर मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग के जरिये चुनाव प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जायेगा इस चरण में दो हजार तिहत्तर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गयी है श्री सिंह ने बताया कि दियारा क्षेत्रों में घुड़सवार दस्ते और नाव के द्वारा भी गश्ती की जायेगी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये पटना हवाई अड्डे पर एक हेलीकॉप्टर और एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की गयी है उन्होंने बताया कि सुरक्षा की द्रष्टि से नक्सल प्रभावित दस विधानसभा क्षेत्रों में शाम चार बजे तक ही मतदान होगा पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मसौढ़ी और पालीगंज सासाराम के भभुआ चैनपुर चेनारी और सासाराम तथा काराकाट के डिहरी काराकाट गोह और नबीनगर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक होगा जबकि अन्य क्षेत्रों में मतदान सामान्य रूप से शाम छह बजे तक चलेगा डिहरी विधानसभा उप चुनाव के लिये भी इसी चरण में मतदान होना है चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयूक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी सातवें और अंतिम चरण के चूनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पटना में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक यह नियंत्रण कक्ष काम करेगा लोग दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो दो एक पांच नौ सात आठ या फैक्स नम्बर शून्य छह एक दो दो दो दो एक पांच छह एक एक पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके अलावा ई मेल आईडी सीईओ बिहार एट जीमेल डॉट कॉम पर भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं कल होने वाले चुनाव में सभी सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है पटना साहिब संसदीय सीट पर भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के प्रत्याशी शत्र्घ्न सिन्हा आमने सामने है पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव का मुकाबला राजद की मीसा भारती से है वहीं आरा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार आर के सिंह की टक्कर महागठबंधन प्रत्याशी भाकपा माले के राजू यादव से बक्सर से भाजपा उम्मीदवार अश्विनी कुमार चौबे का मुकाबला राजद के जगदानंद सिंह और सासाराम से भाजपा उम्मीदवार छेदी पासवान का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी मीरा कुमार से है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी उपेन्द्र कुशवाहा का मुकाबला जदयू के महाबली सिंह से जबकि नालंदा लोकसभा सीट से जदयू प्रत्याशी कौशलेन्द्र कुमार का मुकाबला महागठबंधन प्रत्याशी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अशोक कुमार आजाद से है जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का मुकाबला महागठबंधन प्रत्याशी राजद के सुरेन्द्र यादव से है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में भी मुकाबला काफी रोचक है

सुबह से ही तेज धूप और लू के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है डिहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान तैंतालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गया का अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव चार डिग्री पटना का बयालीस दशमलव दो डिग्री और भागलपुर का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमवल चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के पूर्वी क्षेत्रों और उससे सटे इलाकों में आज तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है वहीं गया और भागलपुर में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की सम्भावना है ब्रद्ध पूर्णिमा आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धापूर्वक मनायी जा रही है मुख्य समारोह बोधगया में महाबोधि मंदिर में आयोजित किया गया है जहां भगवान बूद्ध ने पवित्र बोधि व्रक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था हमारे गया संवाददाता ने बताया कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में बुद्धम् शरणम गच्छामि के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के सचिव भंते प्रज्ञादीप ने बताया कि बुद्ध जयंती को लेकर बोधगया स्थित भगवान बुद्ध की अस्सी फीट की विशाल प्रतिमा के पास से एक भव्य शोभायात्रा निकाली गयी इस शोभायात्रा में नेपाल श्रीलंका जापान भूटान समेत विश्व के कई देशों के बौद्ध धर्म गुरु और श्रद्धालु शामिल हुए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई दी है गया जिले के लुटुआ जंगल में आज तड़के कोबरा बटालियन और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया मारे गये नक्सली के पास से हथियार भी बरामद किया गया है शेखपुरा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में दो लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी जबकि कई लोग घायल हो गये वहीं जमुई जिले के गिद्धौर थाना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या तीन सौ तैंतीस पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि पांच अन्य जख्मी हो गए पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा सिवान रेल खंड के एकमा स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गयी सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसडीला गांव के पास ऑटो रिक्शा के पलटने से एक यात्री की मौत हो गयी मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अन्तर्गत मक्कसपुर इलाके से पुलिस ने दो अपराधियों को सात अर्द्वनिर्मित पिस्तौल और सात बैरल के साथ गिरफ्तार किया है

एक सौ सत्तावन उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का होगा फैसला

तैंतालीस डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ डिहरी रहा राज्य का सबसे गर्म स्थान और बुद्ध पूर्णिमा आज श्रद्धापूर्वक मनायी जा रही है